इनमें तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी शामिल हैं

मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर के इंडोर स्टेडियम गृह रक्षा वाहिनी के भवन और गसोता में पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया

उन्होंने कहा कि हमीरपुर ज़िले का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है और यहां अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमकेयर जैसी बड़ी योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है और शतप्रतिशत आबादी को इसके तहत लाया गया है जयराम ठाकुर ने लम्बलू को उपतहसील बनाने की घोषणा भी की इस अवसर पर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर ज़िले के विकास की अनदेखी की लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ज़िले में विकास की गति तेज हुई है उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू की है जो युवाओं को रोजगार दिलाने में कारगर साबित हो रही है

शिमला के चौड़ा मैदान स्थित डॉक्टर अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला की महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर जानेमाने विधिवेता थे और भारत के संविधान निर्माण में उनके योगदान में हमेशा याद रखा जाएगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेदकर ने गरीबों व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया

प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रैली को लेकर विस्तार से चर्चा की गई उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा भी मौजूद रहे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायज़ा लिया उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्यो में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए

परमार कांगड़ा ज़िले के सिहोटू में जाने माने समाज सेवक चौधरी सरवन कुमार की प्रतिमा स्थापित की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अटियाला दाई के वार्षिक समारोह में ये घोषणा की उन्होंने स्कूली बच्चों से महान स्वतंत्रता सैनानियों व समाज सेवियों के जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज इसका शुभारम्भ किया

हंसराज ने कहा कि इलाके में आग्जनी की अधिक घटनाएं होती हैं और अग्निशमन केंद्र के खुलने से लोगों को सुविधा मिलेगी

वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज मनाली में शरद उत्सव आयोजन समिति की बैठक में बताया कि इस बार ये उत्सव नए स्वरूप में नजर आएगा

गोबिंद ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा पौधरोपण व सामूहिक सफाई अभियान भी चलाया जाएगा बैंकर्स समिति राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आज शिमला में हुई जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार ने की बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया